विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चर्चा के दौरान दोनों पक्ष दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुसार चलने और आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं इस बात पर भी सहमति बनी कि शांति बहाली के लिए जरूरी है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव यथाशीघ्र पूरी तरह से समाप्त हो दोनों पक्ष सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग करने वाली घटनाओं से बचने के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए सीमा पर पूरी तरह शांति कायम होने तक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने पर भी रजामंदी हुई है

शोधार्थियों ने कोविड संक्रमण के फैलने के सम्बंध में संगठन की सिफारिशों पर पुनर्विचार की अपील की है लेकिन संगठन को हवा के माध्यम से इस वायरस के फैलने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने लोगों से पूरी सुरक्षा बरतने का आग्रह किया है

इसका उद्देश्य कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराना है

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कल किर्गिस्तान सउदी अरब क्वैत और दमन से प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर लाया गया है

श्री गहलोत ने कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आम लोगों को यह समझना होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में इस वैश्विक महामारी के अधिक गंभीर रूप में सामने आने की आंशका जाहिर की है उन्होंने कहा कि ऐसे में जागरूकता ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है श्री गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बीते कृछ दिनों से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों के दृष्टिगत जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि संदिग्ध मरीजों के जांच सैम्पल का माइक्रो मैनेजमेन्ट कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना की जांच रिपोर्ट आने में देरी नहीं हो उन्होंने इसके लिए आवश्यकतानुसार एक जिले के सैम्पल दूसरे जिले में भेजने की व्यवस्था कर प्रदेश में कोरोना टेस्ट की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और रैन्डम सैम्पलिंग बढ़ाने का सुझाव दिया इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्लाज्मा थैरेपी जैसी पद्धति पर फोकस करने का सुझाव दिया है

उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी

डा पवन ने कल जयपुर में श्रमिक संगठनों और व्यापारीएसोसिएशन की बैठक को सम्बोधित करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि श्रमिकों की सुविधा के लिए जल्दी ही इसका मोबाइल एप भी तैयार कर लॉन्च किया जाएगा

इसके लिए प्रो एमआईएस मॉड्यूल के तहत एक खास मोबाईल एप तैयार किया गया है इसके माध्यम से परियोजनाओं की हर स्टेज पर जिओ टैगिंग के साथ फोटोग्राफ्स ली जाएगी विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कल जयपुर में आयोजित नियमित समीक्षा बैठक में इस एप को इसी माह रोल आउट करने के निर्देश दिए